उन्होंने कहा कि इस तरह के जलमार्गों से देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस तरह के जलमार्ग देश के आर्थिक विकास बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होंगें

हजीरा घोघा रो पैक्सि फेरी सेवा दक्षिण ग्जरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगी

अमरीका च्नाव परिणाम डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने रिपब्लिकन पार्टी के डॉनल्ड ट्रंप को हराकर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है

जो बाइडन की जीत के साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना भी तय हो गया है वे अमरीका की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी वहीं भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी है

श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के हजीरा में रो पैक्सं टर्मिनल के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि गुजरात का समुद्री तट समृद्धि का प्रमुख द्वार बन रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात समुद्री क्लस्टर गुजरात समुद्री विश्वविद्यालय भावनगर में विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल और अनेक विकास परियोजनाओं पर तेजी से कार्य हो रहा है

अभियान के तहत नकली खाद्य सामग्री बनाने अपने कम गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री को प्रसिद्ध ब्राण्डों के नाम से बाजार में बेचने और खाद्य सामग्री में मिलावट करने पर विकेता के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है उधर केन्द्र सरकार की वित्तीय मदद से प्रदेश में शीघ्र ही खाद्य सामग्री की जाँच के लिये इंदौर ग्वालियर एवं जबलपुर में तीन नई प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा

जबलपुर का रिकवरी रेट बढ़कर अब चौरान्नवे दशमलव तीन पांच प्रतिशत हो गया है